दो सप्ताह पहले श्रीमती सोनी को सर्दी बुखार की शिकायत के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद उन्हें राजनांदगांव के सोमनी स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था बीते छब्बीस अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें एम्स रायपुर में शिफ्ट किया गया जहां आज दोपहर उनकी मृत्यु हो गई श्रीमती सोनी राजनांदगांव की महापौर रहने के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्रीमती सोनी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्रीमती सोनी के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा है कि उन्होंने मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए अनुकरणीय कार्य किया है इस बीच राज्य में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सुकमा में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है सुकमा के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि इस जवान का इलाज रायपुर के एक अस्पताल में चल रहा था इसके अलावा संसदीय सचिव और महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कोरोना पॉजीटिव होने की जानकारी दी है श्री चंद्राकर ने बीते कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है

श्री पटले पहले से ही घर पर आइसोलेशन में थे दुर्ग जिले में आज शाम तक मिले आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमित सैंतालीस नये मरीजों की पहचान की गई है वहीं रायगढ़ में भी आज शाम तक अड़तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उधर बस्तर जिले में आज अब तक कोरोना पॉजीटिव छब्बीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से सबसे अधिक उन्नीस मरीज जगदलपुर से हैं वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से कर्मचारी संघ के एक नेता की मौत भी हो गई है इधर मुंगेली जिले में आज पच्चीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसी तरह कोरबा जिले के कटघोरा में एक ही परिवार के छह सदस्य कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इससे पहले इस परिवार के दो सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी जिसके बाद अन्य सदस्यों की भी जांच की गई कटघोरा में कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच में तेजी लाई गई है राज्य में कल रात तक अट्ठारह सौ चौरासी नये मरीजों की पहचान हुई थी वहीं कल दस लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा तैंतीस हजार की संख्या को पार कर गया है वहीं प्रदेश में अब तक करीब दो सौ नब्बे लोगों की मृत्यु हो चुकी है

बिलासपुर को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीएस उइके ने बताया कि पहले चरण में निजी अस्पतालों के करीब दो सौ अस्सी बिस्तरों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं वहीं महासमुंद जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों की तत्काल जांच और बेहतर सेवा देने के लिए फीवर क्लीनिक तथा ट्रू नॉट प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि आगामी दो दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा इधर नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण से एक और कर्मचारी की मौत होने और अस्सी से अधिक कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन ने आज प्रदर्शन किया फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि इंद्रावती भवन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं यहां पांच हजार से अधिक कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी करते हैं ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इंद्रावती भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर चौदह दिनों के लिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए

इस क्षेत्र में आज से लेकर आठ सितंबर तक सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है वहीं जांजगीर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर इस कार्यालय को पांच दिनों के लिए सील कर दिया गया है इस बीच बस्तर जिला कलेक्टर ने जगदलपुर में धरमपुरा स्थित कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही कोविड सेंटर की जरूरी सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं कौशिक बयान इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने को लेकर गंभीर नहीं है यही वजह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की आधी अध्री तैयारियों के कारण अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बिस्तरों की कमी है उन्होंने कहा कि सरकार के पास पहले स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस संबंध में जरूरी कदम नहीं उठाए उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है श्री कौशिक ने प्रदेश में कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है ऐप प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने पबजी समेत एक सौ अट्ठारह मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा और समप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया है जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें लिविक वी चैट वर्क साइबर हंटर शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा उनहत्तर ए के तहत इन मोबाइल ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है

यह व्यवस्था इसी महीने से लागू कर दी गई है संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस इसमें बताया गया है कि राज्य में नया शैक्षणिक सत्र पंद्रह जून से शुरू होता है लेकिन केन्द्र सरकार के निर्देश पर तीस सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी स्कूल खुलने में हुई देरी को देखते हुए दसवीं और बारहवीं के पाठ्यक्रम में तीस से चालीस फीसदी तक की कटौती की जाएगी इस कटौती के आधार पर प्रत्येक महीने के अनुसार पाठ्यक्रम को बांटा जाएगा इस पाठ्यक्रम के बारे में मंडल की वेबसाइट पर कल तीन सितंबर को सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी पूरे सत्र की पढ़ाई के लिए कक्षाओं का साप्ताहिक टाइम टेबल भी पांच सितंबर को जारी किया जाएगा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित होंगी और जिनका प्रसारण यू ट्यूब चैनल पर किया जाएगा इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे

शिक्षकों द्वारा भेजे गए असाइनमेंट को विद्यार्थी घर से ही उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे इन असाइनमेंटों से प्राप्त अंकों को चालू शिक्षा सत्र में मंडल की परीक्षाओं के लिए आंतरिक मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा

गौरतलब है कि कुरूद नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को तीस वर्षों के लिए लीज पर जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया था इसके विरोध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी याचिका में शासकीय जमीन के आवंटन के लिए शासन की अनुमति नहीं लेने और बिना शुल्क जमीन आवंटन को नियम विरूद्ध बताया गया था उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है साथ ही नगर पंचायत कुरूद को नोटिस जारी कर पंचायत द्वारा जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर प्रदेश के बाईस जिलों में कांग्रेस भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया था

सूचना आयोग प्रकरण सुनवाई कोरोना महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य सुचना आयोग ने प्रकरणों की सुनवाई के लिए कार्यालय में आवेदकों की उपस्थिति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है आयोग के जनसूचना अधिकारी के समक्ष ई मेल व्हाट्सअप या फैक्स के माध्यम से आवेदक अपना पक्ष रख सकेंगे वहीं आवेदक और जनसूचना अधिकारी संबंधित जिले के सूचना आयोग के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग ले सकते हैं बाल पुरस्कार प्रविष्टियां केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख पंद्रह सितंबर तक बढ़ा दी गई है यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे छब्बीस जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं दुर्ग कॉलेज प्रवेश दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश की तारीख और पंद्रह दिन बढ़ा दी गई है विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पंद्रह सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पहले आवेदन की अंतिम तिथि इकतीस अगस्त निर्धारित की गई थी विश्वविद्यालय के कुल सचिव सीएल देवांगन ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और निजी कॉलेजों को इसकी सूचना दे दी गई है पोषण माह छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान आम लोगों को पोषण का महत्व समझाने के साथ ही गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका पोषण स्तर बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा पोषण माह के दौरान महिला और बाल विकास विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पोषण जागरूकता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं पोषण माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को भारत सरकार के जनआंदोलन के डैश बोर्ड पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा ठगी गिरफ्तार बिलासपुर पुलिस ने साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है इस मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों के पास से लाखों रूपये बरामद किए गए हैं पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने उसलापुर में रहने वाले सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को लकी ड्रॉ जीतने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी की थी मामले की शिकायत पर पुलिस की टीम ने दूसरे राज्यों में जाकर आरोपियों की तलाश शुरू की लंबी जांच के बाद बिहार के नवादा से इन ठगों को गिरफ्तार किया जा सका इन आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी कंपनियों से लोगों का नाम पता और मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी इकट्ठा कर उन्हें इनाम के रूप में कार या कोई बड़ा उपहार देने का झांसा देकर ठगी किया करते थे मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी दक्षिण तटीय और उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से बस्तर संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है वहीं आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है इस बीच रायगढ़ में आज करीब एक घंटे तक तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं इससे गुजराती मोहल्ला सहित कई अन्य रिहायशी इलाकों में घरों में पानी भर गया है संक्षिप्त समाचार राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड ने उन्नीस उप निरीक्षकों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं

वहीं भगवानपुर ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित कर दिया गया है

वहीं इसी जिले के अंबागढ़ चौकी रिथत शिवनाथ नदी एनीकट में एक महिला डूब गई गोताखारों की मदद से महिला की तलाश की जा रही है

इस दल में पांच हाथी शामिल हैं